प्रदेश में बस्तर के रास्ते मानसून ने दी दस्तक जगदलपुर और बीजापुर में हुई बारिश

राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि योग मानवता के प्रति भारत का उपहार है और यह स्वस्थ जीवन तथा मन और शरीर के बीच संतुलन की कुंजी है यदि डॉक्टर कभी कहता है कि भई आप दवा के साथ साथ मार्निंग वॉक और इवनिंग वॉक जरूर करें और वो एक डॉक्टर यदि सजेस्ट करता है तो हम प्रायः प्रारंभ कर देते हैं और उसका परिणाम भी हमें सुखद मिलता है ये जो मार्निंग वॉक इवनिंग वॉक या फिजिकल एक्सरसाइज है योगा भी एक उसी का एक एक्सटेंशन है देश में मुख्य समारोह झारखंड के रांची में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीस हजार से अधिक लोगों के साथ प्रभात तारा मैदान में योगाभ्यास किया पैंतालीस मिनट के इस कार्यक्रम में कुल तेरह योगासन और तीन प्राणायाम किए गए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में सरकार ने योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है ताकि इसे स्वास्थ्य देखभाल का एक मजबूत आधार बनाया जा सके योग को भी प्रीवेंशर और ट्रीटमेंट का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है साथियों जब उत्तम स्वास्थ्य होता है तो जीवन की नई ऊंचाईयों को पाने का एक जज्बा भी होता है थके हुए शरीर से टूटे हुए मन से न सपने सजाये जा सकते है न अरमानों को साकार किया जा सकता है

योग अनुशासन है समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है योग आयु रंग जाति सम्प्रदाय मत पंत अमीरी गरीबी प्रांत सरहद के भेद सीमा के भेद इन सबसे परे है योग सबका है और सब योग के है विश्व योग दिवस के अवसर पर राज्य में मुख्य कार्यक्रम राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया वहीं राजभवन में भी आज योग शिविर का आयोजन किया गया जिसमें राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश वासियों से योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश दिया उन्होंने कहा कि योग न केवल व्यक्ति को स्वस्थ और निरोगी बनाता है बल्कि उसे अनुशासित भी करता है मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योग से तन ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है इधर प्रदेश में सर्वाधिक जगहों पर लोगों द्वारा योगाभ्यास को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया सभी जिला मुख्यालयों स्कूलों महाविद्यालयों नगरीय निकायों ग्राम पंचायतों और विभिन्न संस्थाओं में लोगों ने प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया इस अवसर पर करीब साठ लाख लोगों द्वारा सामूहिक योग करने के समाचार मिले हैं

इसमें दोनों विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया इसके अलावा रायपुर के रीजनल आउटरीच ब्यूरो ने बीरगांव नगर पालिक निगम के साथ योग दिवस उत्साह के साथ मनाया इस अवसर पर आओ मनाए योग और खुशहाली का त्यौहार पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई योगाभ्यास के बाद एक जागरूकता रैली निकाली गई जो बीरगांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर समाप्त हुई गौरतलब है कि इस वर्ष के आयोजन में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी जोर दिया गया है रबर मैट के स्थान पर खादी से बनी योग चटाई का इस्तेमाल किया गया इस वर्ष के आयोजन का विषय है हृदय के लिए योग बजट पूर्व बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने मांग की है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र का वित्तीय अंश बढ़ाया जाए और राज्यों के वित्तीय अंश को कम किया जाए उन्होंने कहा कि केन्द्रीय योजनाओं में राज्यों के अंश को लगातार बढ़ाया जा रहा है जिससे राज्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है श्री बघेल आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित बजट पूर्व बैठक में बोल रहे थे बैठक में उन्होंने चार हजार चार सौ तैंतीस करोड़ रूपये के बस्तर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अभी तक केवल तीन सौ छह करोड़ रूपये की राशि ही प्राप्त हुई है

मुख्यमंत्री ने रायपुर विमानतल पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल प्रारंभ करने की अनुमति देने और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अंतर्देशीय परिवहन अनुदान देने की भी मांग की श्री बघेल ने अमरकटंक के केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कैम्पस को बस्तर में प्रारंभ करने और रायपुर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रादेशिक कार्यालय प्रारंभ करने का भी आग्रह किया

इसके लिए मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आगामी तीन जुलाई से जन चौपाल की शुरूआत होगी यह चौपाल बुधवार को सुबह ग्यारह बजे से लगाई जाएगी इसमें आम नागरिकों को अपने क्षेत्र की समस्याएं प्रत्येक और मांगों को सीधे मुख्यमंत्री को बताने का मौका मिलेगा इधर रायपुर जिले में किसानों को खरीफ फसल के लिए खाद बीज सहित खेती किसानी से संबंधित आवश्यक जानकारी देने के लिए आज से किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है जो आगामी पच्चीस जून तक चलेगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन किसान चौपालों में कृषि विभाग द्वारा बीज और खाद उठाव प्रधानमंत्री मृदा हेल्थ कार्ड योजना सुराजी गांव योजना घुरूवा संवर्धन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अलावा कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और अन्य समसामयिक विषयों पर चर्चा कर किसानों को जानकारी दी जाएगी साथ ही बायोगैस संयंत्र निर्माण सौर सुजला योजना और सब्जी मिनीकट वितरण योजना की भी चर्चा की जाएगी

उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को क्रियान्वयन के दौरान भवन और सड़क जैसे निर्माण कार्य होते हैं लेकिन ग्रामीणों के लिए बनी योजनाओं का असल मकसद उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है श्री सिंहदेव ने कल रायपुर के निमोरा में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए श्री सिंहदेव ने नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी योजना के तहत पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था के लिए चारागाह विकास के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि गौठान चारागाह और कम्पोस्ट निर्माण से गांव के कम से कम दस परिवारों को नियमित रोजगार मिलना चाहिए डीजीपी कार्यशाला पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी कर्मचारी को महिला और बाल हितैषी होना चाहिए रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में सभी जिलों से आए नोडल पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री अवस्थी ने कहा कि केवल दण्ड देने से व्यक्ति और समाज में सुधार लाना संभव नहीं है उन्होंने कहा कि सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आगामी छह महीने में राज्य के सभी थानों में और पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में स्टूडेट केयर पुलिसिंग प्रारंभ की जाएगी जिससे सभी छात्र और बच्चे पुलिस के मित्र बन सकें मॉनिटरिंग समिति आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जाति और जनजाति प्रताड़ना की घटनाएं अधिक सामने आए हैं वहां जागरूकता शिविर लगाया जाए कल मंत्रालय में आयोजित बैठक में उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के गठन का निर्देश दिया श्री टेकाम ने बताया कि अंतरजातीय प्रोत्साहन योजना में विवाह का पंजीयन अनिवार्य है इसके लिए जन जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत समितियों का पुनर्गठन करने को कहा मौसम प्रदेश में बस्तर के रास्ते मानसून ने दस्तक दे दी है जिसकी वजह से जगदलपुर और बीजापुर में जोरदार बारिश हुई मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हआ है संभावना जताई जा रही है कि आगामी चार पांच दिनों में मानसून का असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा वहीं आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश होने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है संक्षिप्त समाचार प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कल बाईस जून को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा राजधानी रायपुर के फुंडहर इलाके के पास आज हुई सड़क दुर्घटना में एक युवती की मौत हो गई